मंत्रालय ने कहा कि रेलवे हवाई अड्डों बंदरगाहों सीमाश्ल्क अधिकारियों को भी अपने कर्मचारियों और अन्बंध पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए पास जारी करने के अधिकार पहले ही दिए जा च्के हैं मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजद्रों के कल्याण के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन स्निश्चित करें

उन्होंने आशा जताई कि यह अवसर लोगों को महात्मा ब्रद्ध के राह पर चलने को प्रेरित करेगा

राज्यपाल ने बोहाग बीह के अवसर पर भी राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी है

जिसने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य करने का परामर्श जारी किया है आलो में रविवार को जिला उपाय्क्त स्वेतिका साचन दवारा ब्लाए बैठक में यह निर्णय लिया गया अन्य प्रतिबंधों को जारी रखते हए जिला प्रशासन ने जिले में अन्य क्षेत्रों से आने वाले छात्रों सहित पब्लिक को होम क्वारनटिन में न रखकर सरकारी क्वारनटिन फेसिलिटी में रखने का निर्णय लिया

देशभर से लोकडाउन हटने पर पासीघाट में पांच सौ लोगों को इन स्थानों में रखने की स्विधा है ईस्ट सियांग जिला उपाय्क्त किन्नी सिंह ने अधिकारियों से सर्किल स्तर पर ओर स्थानों को चयनित करने को कहा ताकि देश के विभिन्न भागों में लोकडाउन के दौरान फंसे लोगों के वापसी पर उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए इन स्थानों का उपयोग किया जा सके जिला उपाय्क्त ने जिले के लोगों से घर पर रहकर जिला प्रशासन दवारा शुरु किया गया फ़ड डब्बा एप के जरिए होम डेलिवरी सेवा का लाभ उठाने को कहा

इस ऐप का उदाहरण देते हुए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बताए गए नवीन उपाए व्यापक जन सम्दाय में संक्रमण का पता लगाने और लोगों को जागरूक बनाने में मददगार हैं

इस दौरान हेंड सेनिटाज़र फेस मास्क बांटा गया और प्रे क्षेत्र को कीटाण्नाशक से छिड़काव किया गया

दोनों जिलों के प्लिस अधिक्षकों ने निरीक्षण दल का नेतृत्व किया इस दौरान सीमा क्षेत्र में लोकडाउन के अन्पालन को सुनिश्चित किया गया इस अवसर पर गांव वालों से चिन्हित मार्ग का ही इस्तेमाल करने को कहा गया ताकि आने जाने वालों पर नियंत्रण रखा जा सके और गेट पर लोगों का स्क्रिनिंग किया जा सके